प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण और ग्रामीणों के रोजगार के सबसे बड़े अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से ऑनलाइन शभारंभ किया उन्होंने कहा कि एक सौ पच्चीस दिनों तक चलने वाले इस अभियान पर पचास हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके लिए गांवों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में पच्चीस कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्रमिकों और ग्रामीणों को नमन करते हुए कहा कि वे अब अपने गांव को अपने हनर से संवारेंगे इसके जरिए गांव की जरूरतों को पूरा किया जाएगा उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हुनर की पहचान पहल शुरू कर दी गई है उन्हें उनके कौशल क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा प्रधानमंत्री कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत ने शहरों की अपेक्षा ज्यादा कारगर और सफल तरीके से कोरोना का मुकाबला किया है अस्सी से पचासी करोड़ ग्रामीणों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए डटकर मुकाबला किया

उन्होंने बिहार रेजिमेंट के पराक्रम की सराहना करते हए शहीद जवानों को नमन किया अभियान के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड और ओडीसा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की गौरतलब है कि राज्य के गिरिडीह हजारीबाग और गोड़ड़ा जिले को इस अभियान के लिए चुना गया है ये सभी जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इन तीनों जिलों के उपायुक्त को इस अभियान के सिलसिले में आवश्यक निर्देश दे दिए हैं झारखंड के लिए राहत की बात है कि यहां कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट अड़सठ दशमलव तीन सात प्रतिशत पहुंच चुकी है जबकि मौत की दर मात्र शून्य दशमलव पांच पांच प्रतिशत है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान छियालीस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि एक सौ पैतालीस संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई नए मरीजों में सिमडेगा जिले के इक्कीस हजारीबाग जिले के आठ रांची के छह लोहरदगा के तीन पूर्वी सिंहभूम के छह और चतरा तथा गिरिडीह से एक व्यक्ति शामिल हैं इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर एक हजार नौ सौ सड़सठ हो चुकी है जबकि ग्यारह लोगों की मौत और एक हजार तीन सौ तैतालीस संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में सबसे ज्यादा तिरासी कोरोना संक्रमित मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में ठीक हए हैं वहीं पाकड में चौदह कोडरमा में तेरह रामगढ से सात लोहरदगा में छह चतरा में पांच रांची में चार पूर्वी ॅसिंहभूम में चार सरायकेला खरसांवा में तीन बोकारो में तीन और सिमडेगा धनबाद तथा गढ़वा जिले में एक एक मरीज को स्वस्थ होने के बाद कोविड अस्पताल से छट्टी दे दी गई द्मका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के पंडों ने कोरोना काल में प्रशासन और राज्य सरकार से विशेष राहत की मांग की है

ये दोनों ट्रेन सप्ताह में एक एक दिन चलेगी इसके अलावा बैधनाथधाम एक्सप्रेस का दुमका रांची भागलपुर एक्सप्रेस का गोड्डा और टाटा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का लोहरदगा तक विस्तार किया गया है झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष दो हजार सोलह में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लगभग चार करोड रुपए की लागत से टी शर्ट तथा टॉफी बांटे जाने के मामले में महालेखाकार से जवाब मांगा है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दस हजार स्कूलों में टी शर्ट और टॉफी आपूर्ति व वितरित करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें

राज्य के सभी खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मियों का नाम पता और मोबाइल नंबर की अद्यतन सुची रखनी है स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत खाद्य कारोबारियों को अपने परिसर की नियमित तौर पर विशेष साफ सफाई करने तथा अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरुक करने की भी जिम्मेदारी निभानी है

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों से कहा है कि कोरोना संकट को देखते हए पररस्पर सुरक्षित दुरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही योगा दिवस मनाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है झारखंड में भी कोरोना संकट को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ योगा दिवस मनाया जाएगा कोडरमा जिले में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योगा एट होम और योगा विथ फैमिली की थीम पर आधारित होगा

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में सिकल सेल एनिमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग का काम जल्द शुरु होगा इसके लिए मंत्रालय के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी विश्व सिकल सेल दिवस पर रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए सभी राज्यों को प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए हैं और अब संक्षिप्त खबरें राज्य के कुपोषण प्रभावित बारह जिलों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को चना और गुड़ देने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी बच्चों को मध्याह भोजन देने के पहले चना गुड़ दिया जाएगा

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर जल्द ही अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा कर निर्णय लेंगी राज्य में नर्सिंग की परीक्षा लॉक डाउन समाप्त होने के बाद ऑफलाइन ही ली जाएगी